लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सत्र के दौरान अनेक महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए और विभिन्न मुद्दों पर बहस हुई

इनमें मुख्य हैं नागरिकता संशोधन विधेयक किन्नर अधिकार संरक्षण विधेयक और ई सिगरेट निषेध विधेयक

हालांकि सदन का कामकाज पूरा करने के लिए सदस्य निर्धारित समय से भी ज्यादा देर तक बैठे

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गृहमंत्री अमित शाह पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद और अन्य मंत्रियों तथा सांसदों ने संसद परिसर में शहीदों के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित की शहीदों के सर्वोच्च बलिदान की स्मृति में संसद भवन परिसर में रक्तदान शिविर भी आयोजित किया गया

नई दिल्ली में आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्रीमती सीतारमण ने कहा कि सभी सरकारी कम्पनियों का बकाया चुकाने पर जोर दिया गया है इससे पहले मुख्य आर्थिक सलाहकार के आर सुब्रमण्यम ने कहा कि रिटेल लैंडिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई फैसले किये हैं उन्होंने कहा कि सरकार देश में अर्थव्यवस्था मे तेजी लाने के लिए उपभोग बढाने पर जोर दे रही है

आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार यह कानून कल राजपत्र में प्रकाशित होने के साथ लागू हो गया है

इन्ही में से एक शरणार्थी रामचन्द्र ने बताया कि वह भारत में पिछले दस साल से ज्यादा सालों से रह रहा है और इस कानून के बनने से अब वह भी पूर्ण तौर पर भारतीय नागरिक कहलायेगा

केन्द्र सरकार की नीतियों के विरोध में की जा रही इस रैली के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट और कांग्रेस के कई पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता भाग लेंगे सचिन पायलट ने रैली के लिए प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में बने कंट्रोल रुम में रैली को लेकर समीक्षा की

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के व्याख्यताओं को भी सातवें वेतनमान का लाभ जल्दी से जल्दी दिये जाने का प्रयास किया जाएगा

भरतपुर में कल देर रात शुरु हुआ बारिश का दौर आज दूसर्रे दिन भी जारी रहा वहीं कल नागौर झुंझुनूं सीकर बीकानेर चूरु और अलवर सहित कई जिलों में भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि हई ओले गिरने से रबी फसलों को नुकसान पहुंचा है और सामान्य जन जीवन प्रभावित हुआ है इससे गेंहू और सरसों की फसल को खासा नुकसान हुआ है हमारे नागौर संवाददाता ने बताया कि नागौर की पानमैथी को भारी नुकसान हुआ है

इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ओलावृष्टि से फसल खराबे पर चिंता जताते हुए कहा है कि फसलों के खराबे की जांच कराकर किसानों को राहत पहुंचाई जायेगी भारतीय जनता पार्टी ने ओलावृष्टि से प्रभावित हुए किसानों को तुरंत राहत देने की मांग की है इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में घने कोहरे की संभावना जताई है कोहरे का सबसे ज्यादा असर अलवर भरतपुर धौलपुर करौली सीकर झुंझुनूं अजमेर दौसा जयपुर टोंक और सवाईमाधोपुर जिलों में रहेगा